उधर मंडला जिले में भी अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिर भी यहां सभी अहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं

उधर खरगौन में भी मरीजों में इजाफा नहीं हआ है भीलवाड़ा मॉडल इंदौर में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब यहां भीलवाड़ा के प्रभावशाली मॉडल को अपनाया जाएगा

केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी द्ग्ध प्रसंस्करण संयंत्र आटा और दाल मिलों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है मंत्रालय ने मुख्य सचिवों से जिला प्राधिकरणों और एजेंसियों को इस बारे में सूचित करने को कहा है पत्र में गृहमंत्रालय ने कार्यालयों कार्यशालाओं फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों में स्रक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का अन्पालन स्निश्चित कराए जाने पर बल दिया है

डॉ नरोत्तम मिश्रा भोपाल और उज्जैन तुलसीराम सिलावट इंदौर और सागर कमल पटेल जबलपुर और नर्मदापुरम गोविंद सिंह राजपूत ग्वालियर और चम्बल मीना सिंह रीवा और शहडोल की जिम्मेदारी संभालेंगी म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इनका म्ख्य काम समन्वय के साथ स्थिति को नियंत्रण में करने का होगा

बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के ऐसे नगरीय निकाय जिनकी समयावधि समाप्त हो च्की थी उनमें प्रशासकीय समिति का गठन किया जायेगा समिति में वे सभी निर्वाचित सदस्य रहेगें जो पूर्ववती निकाय में सदस्य थे यह समिति एक वर्ष तक या उक्त निर्णय का निर्वाचन होने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो तक कार्य करेगी प्रशासकीय समिति की अध्यक्षता संबंधित नगरीय निकाय का मेयर या अध्यक्ष करेगा प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अधिकारों के बारे में राज्य शासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जायेगा

यहां उनके मनोरंजन के लिए ग्राम पंचायत की ओर से टीव्ही का प्रबंध भी किया गया है बैहर एसडीएम ग्रुप्रसाद ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि यहां हर इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है

समूहों द्वारा निर्मित सूती कपडे के मास्क एक परत के तीन फोल्ड कर बनाए जाते हैं

इनमें आय्र्वेदिक यूनानी और होम्योपेथिक चिकित्सकों का चयन किया जाएगा